मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ट्रेंच को भी शामिल किया जाएगा

मंथन कार्यक्रम प्रदेश में पलायन रोकने के लिये रिवर्स माईग्रेशन के अंतर्गत अब उत्तराखण्ड के प्रवासी राज्य में निवेश और अन्य प्रकार का सहयोग कर सकेंगे इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अलग से विभाग का गठन किया जायेगा यह बात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन कार्यक्रम के दौरान कही उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिये रिवर्स माईग्रेशन की दिशा में पहल की गई है इसके लिये रूरल ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है

मंथन कार्यक्रम मे मंत्रियों ने अपने विभागीय कार्यो उपलब्धियों और भावी कार्य योजना से संबंधित जानकारियां भी दी और सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और सुझावों पर अपनी बात रखी इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार वन भूमि हस्तांतरण पेयजल और सड़क से संबंधित विषय चर्चा का केन्द्र रहे

उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ मेला क्षेत्र का आंतरिक विकास करके बैरागी कैंप को गौरी शंकर द्वीप से जोड़ा जाएगा उन्होंने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश देते हुए गुणवत्ता पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले के शीर्ष अधिकारियों की बैठक लेते हुए मौजूद व्यवस्थाओं की समीक्षा की

सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने संवदेनशील स्थलों पर बैरिकैंडिंग लगाने फायर ब्रिगेड वाटर कैनन आदि की व्यवस्था करने को कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड और इसके साझीदार कर्नाटक के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है दोनों राज्य एक दूसरे को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं इतिहास खान पान रीति रिवाज और परंपराओं से अवगत करा रहे हैं इसी कड़ी में आज आपको परिचित कराते हैं कर्नाटक के संगीत से संगीत किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होता है संगीत के मामले में कर्नाटक राज्य काफी समृद्ध रहा है राज्य के रूद्रपट्टन गांव में कर्नाटक संगीत की धुनें हर दिन गूंजती हैं संगीत हासन जिले के इस गांव की परम्परा रही है इसने संगीत की दुनिया को कई महान हस्तियां दी हैं रूद्रपट्टन क्षेत्र में हर तरफ संगीत विद्यमान है

रूद्रपट्टन गांव से ही तीन संगीतज्ञ पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं कई शताब्दियों से संगीत में समर्पित कार्य के लिए रूद्रपट्टन की विशेष पहचान है सुप्रसिद्ध संगीत निदेशक हमसालेखा का कहना है कि रूद्रपट्टन गांव का संगीत के विकास में लंबा इतिहास है इस क्षेत्र की हर सड़क और कोनों में संगीत बसता है जहां तहां प्रदर्शित बोर्डों पर कर्नाटक संगीत के गुरूओं के नाम अंकित हैं गांव का तम्बूरी मंदिर संगीत की परम्परा को उजागर करता है

मंदिर में संगीत उत्सवों की परम्परा विश्व प्रसिद्व है हर साल मई में आयोजित संगीत कार्निवाल में संगीतज्ञ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तम्बूरी मंदिर के पुजारी नरसिंहामूर्ति ने बताया कि कार्निवाल के दौरान यहां विश्वभर के संगीत का समागम होता है

देहरादून में हुई राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों और पलायन प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने और विभिन्न क्षेत्रों में मनरेगा कर्मियों के वेतन में हो रही देरी के कारणों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में मछली पालन और बतख पालन के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा श्री रावत ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सीएम सीमान्त क्षेत्र कृषि विकास योजना शुरू करने जा रही है इस योजना के अन्तर्गत मनरेगा को शामिल करते हुए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकेंगे

इन जवानों ने पिछले वर्ष हमले में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि दी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक साल पहले पुलवामा में कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किये कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुड़की के झबरेड़ा में अमर शहीद चौक का लोकार्पण किया इस अवसर पर शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई सतपाल महाराज ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है झबरेड़ा में बने इस अमर शहीद चौक पर पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों के नाम अंकित हैं पुलवामा हमले की पहली बरसी पर उत्तराखंड विधानसभा में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्दासुमन अर्पित किये और शहीद के परिजनों को सम्मानित किया

जनगणना की तैयारियों को लेकर दो दिवसीय जनगणना कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि जनगणना में सटीक और सही आकंड़े एकत्रित होने पर देश और राज्य हित में ठोस योजनाएं बनाई जाएंगी